सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष ने किसान कर्ज माफी पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल तथा प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया तथा अन्य सदस्यों को स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया श्री बेनीवाल ने कहा कि सरकार को अपने वादे के अनुसार सभी किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी करनी चाहिए इसके बाद प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया ने राज्य सरकार द्वारा कर्ज माफी के आदेष को लंगड़ा करार देते हए कहा कि सदन के नेता को कर्ज माफी से संबंधित समस्त तथ्यों से सदन को अवगत कराना चाहिए उन्होंने मुख्यमंत्री मंत्री से जानना चाहा कि एक माह से अधिक समय में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है और सरकार कर्ज माफी के लिए वित्तीय संसाधन कहां से जुटा रही है इसके बाद प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड ने भी इस मुददे पर सरकार को घेरा और मुख्यमंत्री से वक्तव्य दिलाने की मांग की मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर जवाब में कहा कि सरकार किसानों का कर्जा माफ करना चाहती है और इससे संबंधित आदेष भी जारी किये जा चुके हैं लेकिन प्रकिया में वक्त लगता है उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर मंथन कर रही है कि किस प्रकार अधिकतम किसानों को इसका लाभ मिले मुख्यमंत्री के जवाब से असंतृष्ट विपक्ष के सदस्य वैल में आकर नारेबाजी की विपक्ष कर्जमाफी को लेकर सभी तथ्य स्पष्ट करने की मांग करता रहा हमामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने पहली बार आधा घंटे के लिए दूसरी बार पांच मिनट और तीसरी बार एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित की विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष को आष्वस्त किया कि अभिभाषण पर चर्चा के बाद इस मुददे पर सरकार जवाब दे देगी

सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री अषोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए सदन में हंगामा किया है

सरकार को सदन में सही तस्वीर रखनी चाहिए और यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि कर्ज माफी के लिए सरकार का रोड मैप क्या है

वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन के नौवे संस्करण का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में यह बात कही उन्होंने कहा कि हम सुधारों और नियमों को सरल बनाने की प्रकिया जारी रखेंगे सम्मेलन में भाग लेते हुए विभिन्न देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यापार जगत के प्रमुखों ने तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत के महत्वाकांक्षी नेतृत्व की सराहना की पांच देशों के राष्ट्राध्यक्षों सहित तीस हजार से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे हैं

नई दिल्ली में संवाददाताओं से आज बातचीत में इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने बताया कि नवाचार और सुजनात्मकता को बढ़ावा देने तथा अंतरिक्ष यान उद्योग को सशक्त करने के लिए इसरो ने इस वर्ष कई योजनाए बनाई हैं

उन्होंने जयपुर सहित देश के छह शहरों में अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने की भी जानकारी दी श्री शिवन ने बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में छात्रों की रूचि पैदा करने और देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उन्हें शामिल करने के लिए ये केन्द्र खोले जा रहे हैं

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रजत मिश्र ने बताया कि मुख्य कार्यक्रम सवाईमानसिंह स्टेडियम पर होगा आज इस कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बुलाई गई बैठक में उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करते हुए अपने दायित्वों का निर्वेहन करने को कहा श्री मिश्र ने कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली और सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए

इनमें एक बालिका को मरणोपरान्त पुरस्कार प्रदान किया जाएगा

राजस्थान की अनिका जैमिनी को बॉपू गैधानी पुरस्कार दिया जायेगा

इस दौरान अनेक वर्कशॉप सेमिनार और चर्चाओं के साथ इंटरनेशनल को प्रोडक्शन मीट का आयोजन होगा इस साल लाईफटाईम अचीवमेंट अवार्ड फिल्म लेखक रॉबिन भटट को दिया जायेगा

कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई उधर जोधपुर में भी फील्ड आउटरीच ब्यूरो नेहरू यूवा केन्द्र तथा जिला प्रशासन के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

इसके लिये खाद्य विभाग तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से सभी जिला कलक्टरों को निर्देश जारी किये गये हैं

उन्होंने बताया कि इसके लिये पंचायतवार नोडल इन्चार्ज की नियुक्ति भी की जायेगी

आज यहां बर्ड फेस्टिवल की शुरूआत हुई

प्रदर्शनी लगाने वाले कलाकार बरखा मीणा ने बताया कि यह प्रदर्शनी प्रकृति से जुड़े मुद्दों पर आधारित है

कर्नाटक की ओर से खेलने वाले आर विनय कुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया

इसके साथ ही भारत ने एक दिवसीय तीन मैचों की श्रृंखला को दो एक से जीत लिया

इनमें से छः को अस्पताल में भर्ती कराया गया है